इसी के साथ लोकसभा की पांच सौ बयालिस सीटों के लिए आठ हजार उनचास उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य सीलबंद हो गया है जबरदस्त वाक् युद्ध वाले इस चुनाव के परिणामों का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लोकसभा और चार राज्यों ओडीसा आंध प्रदेश अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती बृहस्पतिवार सुबह शुरू होगी इस बीच विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की राजधानी दिल्ली में गतिविधियां तेज हो गई हैं भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के नेताओं ने स्पष्ट बहुमत मिलने का विश्वास व्यक्त किया है दूसरी तरफ विपक्षी नेता खंडित जनादेश की स्थिति में केन्द्र में सरकार बनाने के लिए गैर एनडीए और एनडीए से अलग हुए दलों को एकजुट करने की तैयारी कर रहे हैं विभिन्न एंजेसियों द्वारा कराए गए लगभग सभी चुनाव परिणाम पूर्व सर्वेक्षणों में एनडीए के स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी का अनुमान व्यक्त किया गया है लेकिन उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के परिणामों को लेकर अलग अलग मत हैं

राजधानी देहरादून में ईवीएम और पोस्टल बैलेट से मतगणना के लिए कर्मचारियों की ट्रेनिंग जारी है साथ ही ईवीएम की सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं सुरक्षाकर्मियों सहित सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए अलग से टेबल लगाई गई हैं ईवीएम से गणना के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ वी षणमुगम ने कहा कि व्यवस्थाओं को पूरा किया जा रहा है ताकि मतगणना में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आए

एक्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है इससे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है एक्जिट पोल के नतीजों पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा देश की जनता ने उसको दिल से सुना है मुझे विश्वास है एक बार फिर से जनता ने मोदी सरकार पर भरोसा जताया है

इस दिन परिषद के सभापति आर के कुंवर रामनगर स्थित बोर्ड मुख्यालय में सुबह साढ़े दस बजे इसकी घोषणा करेंगे इस बात की जानकारी परिषद की सचिव नीता तिवारी ने दी है

वहीं इंटर में करीब सवा लाख छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी

स्लग कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चमोली के जिला पंचायत सभागार में आज महिला पर्यवेक्षिकाओं और सेविकाओं को मोबाइल में कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रशिक्षण दिया गया दरअसल आंगनबाड़ी केंद्रों से लाभार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं की अब कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आईसीडीएस केस के माध्यम से ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी इसके लिए आंगनबाडी कार्यकत्रियों को स्मार्ट फोन दिए जाएंगे इस एप्लीकेशन से आंगनबाड़ी सहायिका तकनीकी रूप से सक्षम हो पाएंगी इस एप्लिकेशन को मोबाइल में डालने के बाद सहायिका को रजिस्टर संभालने से छुटकारा तो मिलेगा ही साथ में इससे आईसीडीएस की अन्य गतिविधियों की मॉनीटरिंग में भी आसानी हो जाएगी यह एप्लिकेशन हमेशा अपडेट रहेगा जिससे कार्यक्रम कार्यान्वयन में विशेष मदद मिलेगी जिन सेविकाओं को को आज प्रशिक्षण दिया गया उनके माध्यम से जिले की सभी आंगनबाड़ी कार्यत्रियों को प्रशिक्षत किया जाएगा

गौरतलब है कि केदारनाथ आपदा के दौरान जब गढ़वाल के सभी रास्ते बंद हो चुके थे तब फंसे हुए यात्रियों को रामनगर बद्रीनाथ मार्ग से निकाला गया था इसलिए यह मार्ग चारधाम यात्रा के लिए बेहद अहम है

यात्रा का नई टिहरी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया यात्रा के संयोजक मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य विश्व शांति की कामना प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा देना पर्यावरण संवर्धन और बंजर हो रही कृषि भूमि के संरक्षण करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है उन्होंने बताया कि यात्रा के माध्यम से लोगों को पवित्र धामों में प्लास्टिक और पॉलीथिन पर प्रतिबंध और प्रदेश में संस्कृत भाषा के उन्नयन के प्रति जागरूक किया जाएगा श्री नैथानी ने कहा की बाबा विश्वनाथ जगदीशिला डोली रथ यात्रा अपने बीस वर्षो में प्रवेश कर रही है